स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव प्रीति सूदन ने छाती के कैंसर का जल्द पता लगानेके लिए महिलाओं में जागरूकता पैदा करने की जरूरत पर बल दिया है आज नई दिल्ली में एक समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार कैंसर के निदान और उपचार को सस्ती दरों उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है

श्रीमती सूदन ने कहा कि छाती के कैंसर का इलाज संभव है और कोई भी महिला इस रोग से मरनी चाहिए उन्होंने कहा कि महिलाओं को खूद ही इस योग की जांच सम्बधी जागरूकता फैलाने की जरूरत है और सोशल मीडिया जागरूकता फैलाने में मददगार साबित हो सकता है भारत ने आज बांगलादेश के साथ आकाशवाणी और बांगलादेश बेतार के बीच कार्यक्रमों के आदान प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और बांगला फिल्म विकास निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये गये सूचना और प्रसारणा मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर और बांगलादेश के सूचना मंत्री मोहम्मद एम महमूद की उपस्थिति में नई दिल्ली में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किये इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत और बांगलादेश और बांगलादेश अंतरंग मित्र है और दोनों महान विरासत सांझा करते है उन्होंने कहा कि आकाशवाणी और बांगलादेश बेतार के बीच समझौता ज्ञापन से दोनों देशों के कार्यक्रमों को एक को एक न्या आयाम मिलेगा निर्भया मामले में आज न्यायाधीश एन वी रमन्ना की अग्रवाई वाली उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ ने दो दोषियों विनय कुमार और म्केश दवारा दायर की गई क्यूरेटिव याचिका को खरिज कर दिया है दोनों दोषियों की याचिका पर सुनवाई पीठ ने चैम्बर में की थी

इसके साथ इस मामले में चारों म्जरिमों को फांसी दिये जाने का रास्ता साफ हो गया है

हरियाणा प्लिस ने फतेहाबाद जिले से गाड़ी लूट की योजना बना रहे पांच आरोपियों को काब् कर एटीएम लूट गिरोह का पर्दाफाश किया है प्लिस ने उनके पास से देसी हथियार और अन्य उपकरण भी जब्त किए हैं हरियाणा प्लिस के प्रवक्ता ने बताया कि प्लिस ने आरोपियों को भूना चीनी मिल के सामने छापामारी कर काब् किया है जिनकी पहचान टोहाना निवासी स्नील भूना निवासी सागर नरवाना के अजय पिरथला के शक्तिमान और सैंथली जिला जींद निवासी अशोक क्मार उर्फ बिल्लू के रुप में हुई है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉ अशोक तंवर ने कहा कि सतापक्ष और विपक्ष दोनों ही लोकहित में काम नहीं कर रहे हैं और सता में बैठे नेताओं ने अभी तक जनता से किए गए अपने किसी भी वायदे को नहीं निभाया है

कांग्रेस में रहते हए पिछले पांच सालों तक निरंतर संघर्ष करने वालों को कांग्रेस से बाहर करने के षडयंत्र की बात करते हये डॉ अशोक तंवर ने कहा कि हरियाणा का कार्य देखने वाले आल इंडिया कांग्रेस समिति के पदाधिकारी हरियाणा के हितों को न्कसान पहंचाने वालों के मंसूबों को वे परख नहीं पाए

यह जानकारी देते एसडीएम सूभिता ढ़ाका ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों को राहत प्रदान करने के लिए पिछले वर्ष एक सितम्बर को ब्याज माफी योजना की घोषणा की थी

उन्होंने बताया कि किसानों ने ऋण की बकाया राशि एक म्श्त बैंक में जमा करा दी है और बैंक ने किसानों के मामले वापिस ले लिए हैं

हरियाणा में मकर संक्रांति का त्यौहार पारम्परिक श्रद्वा से मनाया जा रहा है लोगों दवारा त्यौहार पर बड़े ब्ज्र्गो को दान देने की बरसो से चली आ रही परम्परा का निर्वाह किया गया ग्रामीण इलाकों में तयौहार की विशेष ध्म रही लोगों ने धार्मिक स्थलों पर जाकर स्नार किया और दान प्ण्य किया हमारे संवाददाता ने बताया कि यह पर्व मौसम परिवर्तन की ओर से संकेत करता है ब्ज्गो की माने तो मकर संक्रांति से सर्दी का अवसान होना श्रू हो जाता है उधर यम्नानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कड़ाके की ठंड के बाद भी आज स्बह श्रद्वाल्ओं ने यम्नानगर कपाल मोचन सरस्वती नगर जैसे पवित्र सरोवरों में आस्था की ड्बकी लगाई मंकर संक्रांति पर लोगों ने प्राचीन स्र्यक्ंड मंदिरअमादलप्र श्री राम मंदिर यमुना नहर तट बूडिया भगवान केदारनाथ मंदिर आदी बद्रीनाथ में पहंच कर पूजा की इस अवसर पर स्पात्रों को अनाज वस्त्र धन तिलों से तैयार व्यंजन दान स्वरूप् दिये गये जगह जगह पर श्रदवाल़ओं ने भंडारे लगाये